प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े चिकित्सकों नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सबसे बडी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है केंद्रीय मंत्रिमण्डल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे करीब आठ करोड प्रवासियों को केन्द्रीय पूल से अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति पांच पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा

मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों के कल्याण और उन्हें वृद्धावस्था में आमदनी की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को भी अनुमति दे दी है

रेलगाड़ी लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों की घर वापसी के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है

एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें पथ परिवहन निगम की सात बसों के माध्यम से संबंधित जिलों के संस्थागत क्वारटीन केंद्रों में भेजा गया है इस बीच बाहरी राज्यों में फंसे लोगों ने प्रदेश वापिसी पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य सरकार का आभार जताया है

विभिन्न उपायुक्तों ने कर्फ्यू ढील का समय जिलावार निर्धारित किया है

सोलन जिले में सैलून और ब्यूटी पार्लर सप्ताह में तीन दिन रविवार बुधवार और शुक्रवार को खुले रहेंगे सैलून संचालकों को दो गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा और सैलून में कार्य करते समय नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं हमीरपुर जिले में दुकाने सुबह आठ बजे से दोपहर बाद चार बजे तक खुली रहेंगी

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान आम जनता को आवश्यक वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करने वाले कोरोना योद्वाओं का आभार जताया है नगर निगम शिमला के पार्षदों और निगम चुनावों के उम्मीदवारों से आज वीडियो संवाद के माध्यम से उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना लाने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देश के पहले मुख्यमंत्री हैं भारद्वाज ने कहा कि इस योजना के माध्यम से मजदूरों के पलायन को रोकने में भी सहायता मिलेगी उन्होंने शिमला शहर में इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी से एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विकास कार्यों को शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है

मारकंडा ने कहा कि सरचू और प्लामों में चैक पोस्ट लगाकर लेह से आने वाले लोगों को लाहौल घाटी में नहीं रोका जाना चाहिए हैडगेवार समिति डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति शिमला ने आज आईजीएमसी अस्पताल को ओटो थर्मल स्केनिंग मशीन भेंट की इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत कार्यवाह किस्मत कुमार ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता प्रदेश में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान व विभिन्न सेवा कार्य चला रहे हैं कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गई है

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिले में आए सभी कोरोना संक्रमित लोग मुंबई से लौटे हैं और इन्हें परौर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था उन्होंने कहा कि इनमें धर्मशाला उपमंडल के झियोल से तीन जयसिंहपुर के सरीमोलग व लंबागांव से पांच जबकि ज्वालामुखी बैजनाथ और पालमपुर उपमंडल से एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल है

कोरोना अपडेट दो इस बीच कांगड़ा जिले के अप्पर खैरा में एक व्यक्ति की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है

उप समिति मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने आज सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को इंवेस्टमेंट प्रोमोशन बिल में खनन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को शामिल करने और खनन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निर्देश दिए गए समिति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुद्रढ़ीकरण पर भी बल दिया

बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाक्र उपस्थित थे ऊना खाद्यान्न कोरोना महामारी के संकट के मौजूदा दौर में भारतीय खाद्य निगम ऊना जिला के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है

उन्होंने कहा कि फसलों के दाम जिला खाद्य व आपूर्ति विभाग के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं जिससे किसान काफी खुश हैं मनरेगा हमीरपुर हमीरपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण व कुटीर उद्योग सहित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में कार्य फिर शुरू होने से लगभग अढ़ाई हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है

आत्मनिर्भर भारत आत्म निर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश में फंसे बाहरी राज्यों के प्रवासी मज़दूरों के लिए मई और जून माह के दौरान पांच किलो चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार मुफ्त में प्रदान किया जाएगा कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरों से योजना के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उचित मूल्यों की दुकान या संबंधित पंचायत से संपर्क करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र जमा करवाने के बाद प्रवासी मजदूरों को निशुल्क राशन दिया जाएगा रक्तदान कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान आईजीएमसी शिमला में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए स्वंयसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज चियोग में रक्तदान शिविर लगाया

उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य ने बताया कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया गया ये पांचवा शिविर था